हालांकि यह समय बीत जाने के बाद भी लैंडर विक्रम की स्थिति पता नहीं चल सकी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो प्रमुख डॉ के सिवन ने बताया कि उनकी टीम ऑर्बिटर से मिल रहे डेटा का विश्लेषण कर रही है

श्री मोदी ने कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं उन्होंने कहा कि देश को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है प्रधानमंत्री इसरो नियंत्रण कक्ष से आज सुबह आठ बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे संबोधन का द्रदर्शन से सीधा प्रसारण किया जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गृहमंत्री अमित शाह और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहल गांधी ने भी इसरो के वैज्ञानिकों की पूरी टीम को अनुकरणीय प्रतिबद्धता और साहस के लिए बघाई दी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रीवा जिले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में जन्म के समय बाल लिंगानुपात में लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है केन्द्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल नई दिल्ली में जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतिमा पाण्डे को यह प्रस्कार प्रदान किया

इसी के तहत कल जुन्नारदेव विकासखंड के ग्राम हनोतिया की शासकीय प्राथमिक शाला में क्षेत्रीय विधायक सुनील उईके द्वारा जिले की पहली प्री प्रायमरी शाला का श्रभारंम्भ किया गया जिला शिक्षा केन्द्र के जिला परियोजना समन्वयक जीएल साहू ने बताया कि इस दौरान क्षेत्रीय विधायक द्वारा छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर शाला में प्रवेश दिया गया विकास कार्य समीक्षा जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री प्रियव्रत सिंह और नगरीय विकास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने कल जबलपुर शहर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की इस दौरान नगरीय विकास मंत्री ने डोर दू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही

कल नई दिल्ली में यह पुरस्कार केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने उज्जैन कलेक्टर शशांक मिश्रा को दिया इस दौरान उज्जैन जिला पंचायत के सीईओ नीलेश पारिख और महाकालेश्वर मंदिर समिति के प्रशासक सुजान सिंह रावत उपस्थित थे गौरतलब है कि भगवान महाकालेश्वर मंदिर में आधुनिक मशीनों से साफ सफाई करवाई जा रही है इसीलिये स्वच्छता के सभी मानकों पर मंदिर की व्यवस्थाएँ खरी उतरी हैं आपकी सरकार योजना प्रदेश के जनजातीय कल्याण मंत्री ओंकार सिंह मरकाम ने कहा है कि गरीब और कमजोर तबके के जीवन में खूशहाली और उन्नति लाना सरकार का लक्ष्य है शहडोल जिले के केलमनियां गांव में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा है कि प्रदेश के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिये आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है उन्हाने कहा कि गरीब आवासहीन जिनका नाम सूची में दर्ज नहीं है उनका नाम सूची में जोड़ा जायेगा सम्मेलन भोपाल के राष्ट्रीय पश्पपालन प्रशिक्षण केन्द्र में आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और किसानों के कल्याण में पश् चिकित्सको के योगदान विषय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की जायेगी इसमें केन्द्रीय पशुपालन और डेयरो विकास राज्य मंत्री प्रतापचंद्र सारंगी और राज्य के पशुपालन मंत्री लखन सिंह यादव और विधि तथा कानून मंत्री पीसी शर्मा भी भाग लेंगे

इस दौरान संस्कृति मंत्री डॉ विजय लक्ष्मी साधौ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे कवि सम्मेलन में दिल्ली के डॉ सुनील जोगी कानपुर की डॉ शबीना अदीब ग्वालियर के डॉ कीर्ति काले सहित विभिन्न कवियों ने अपनी रचनाएँ सुनाई इस गरिमामय कवि सम्मेलन में बड़ी संख्या में काव्य प्रेमी उपस्थित थे

भिंड में कल राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई